कल से सात दिनों तक तीन चरणों में शुरू होगा अभियान

न् राज्य सरकार झारखंड में नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की करेगी नियुक्ति विधानसभा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी जानकारी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

कल से सात दिनों का तीन चरणीय टीकाकरण अभियान पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू किया जाएगा वहीं राज्य के स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों को आज से मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू करने को कहा है राजधानी रांची में आज से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है बिना मास्क के घर से निकलने वालों के साथ सख्ती बरती जायेगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जायेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड टीके का निर्यात देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ समझौता कर नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके की कोइ कमी नहीं है

लोकसभा में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार वसुधैव कुटुम्बकम पर विश्वास करती है

इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन और टीकाकरण विभाग के प्रमुख डॉक्टर केट ओ ब्रायन ने कहा है कि उनका संगठन और यूरोप की चिकित्सा संस्थाएं टीका लगवाने के बाद खून के थक्के बनने और एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन के बीच किसी संभावित संबंध की जांच कर रही हैं यूरोप में एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन लेने के बाद शरीर में खून के थक्के बनने के मामले आने के बाद इस वैक्सीन के उपयोग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोविड मामलों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने कहा कि अगर हम इस बढ़ती महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए माइक्रो यानी बहत छोटे पैमाने पर भी कंटेंनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता है इस कम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है

वहीं झारखंड में सात लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है

मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड़ दस लाख से अधिक रोगी पहले ही इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राजधानी रांची पूर्वी सिंहभूम में कोरोना के सर्वाधिक मामले आये हैं और इन दो जिलों में कोरोना के सकिय मरीज भी अधिक हैं इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बरतना आवश्यक है विभाग ने कहा है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना आवश्यक होगा बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना वसुला जायेगा

वे भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही के सवाल का उत्तर दे रहे थे मंत्री श्री ठाक्र ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों को दूर करने के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही ने सरकार से जेटेट पास शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की जवाब में मिथिलेश ठाक्र ने कहा कि जेटेट एक पात्रता परीक्षा है केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है इसके बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य उनके मंत्रालय के प्रमुख एजेंडे में शामिल है

निरीक्षण दौरान दोनों अधिकारी जेटीसी प्रशिक्षण केंद्र में लोको पायलट टीटीई और गार्ड के प्रशिक्षण कार्य का शुभारंभ किया इसके पश्चात उन्होंने रेलवे क्वार्टर्स का भी निरीक्षण किया मौके पर उनसे रेलवे के जर्जर क्वार्टर्स की जगह नए क्वार्टर बनवाने की मांग की जिस पर अधिकारियों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया गया

सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है इस संबंध में उप विकास आयुक्त कार्यालय कक्ष में योजनाओं की प्रगति को लेकर एक बैठक की जिसमें प्रधानमंत्री मात वंदना योजना तथा अन्य योजनाओं की प्रगति को बेहतर करने का निर्देश दिया उप विकास आयुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों और उनके अभिभावर्को को योजनाओं के प्रति जागरूक करने को कहा

इसके तहत अगले तीन वर्षों तक विभिन्न जिलों में महिलाए बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रयास किये जायेंगे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में पांच जिलों में इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जायेगा इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य पर्याप्त और पोष्टिक भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाना है सरायकेला खरसावां जिले में कुपोषण की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान पोषण पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है

मैच दोपहर तीन बजे से होगा दोनों की टीमों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी की है इधर कल सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड और हरियाणा की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को दस गोल से हराया उत्तर प्रदेश कोई गोल नहीं कर सकी जबकि दूसरे मैच में झारखंड ने ओड़िशा को पांच गोल से हराया ओड़िसा की टीम भी कोई गोल नहीं कर सकी

विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके जैसे पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार बोकारो गुमला हजारीबाग और खूंटी आदि जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने इन जिलों में येल्लो अलर्ट जारी किया है संक्षिप्त खबरें गोड्डा जिले में कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं

ईस्टर्न कोल लिमिटेड की राजमहल परियोजना से दमकल वाहन भेजा गया जिससे आग पर काबू पाया गया आग लगने के कारणों की जांच जारी है पलामू जिले में अनुशासन और बेहतर आचरण रखने के कारण मेदिनीनगर सेंट्रल जेल से कल तीन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया इसमें दो कैदी चाचा भतीजा हैं तीनों को समय से पहले आजादी दी गयी

राज्य सरकार सभी जिलों के मौजा के अंतर्गत पड़ने वाली जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर तैयार करेगी